विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों प्रशिक्षकों और सीनियर कमांडरों का हुआ सफाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश सुरक्षित हाथों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल हरदोई के गौरा टांडा में दो सौ छह करोड़ रूपये की लागत वाले राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास उच्चतम न्यायालय ने राम जन्ममुमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को मध्यस्थता से सुलझाने का दिया सुझाव भारतीय वायुसेना ने कल तड़के पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हमला किया विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में बताया कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था इस कारण यह हमला करना जरूरी था श्री गोखते ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने वाले और आतंकी गूट के सीनियर कमांडर मारे गए हैं उन्होंने बताया कि यह गैर सैन्य कार्रवाई थी जिसे घने वन क्षेत्र में अंजाम दिया गया ताकि नागरिक हताहत न हों श्री गोखले ने बताया कि जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविरों की रिथति के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की श्री गोखले ने कहा भारत सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए जैश ए मोहम्मद के शिविर को लस्य बनाते हुए एहतियाती असैनिक कार्रवाई की गई इस ठिकाने का चयन ये ध्यान में रखकर किया गया कि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे विभिन्न राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के हमले का स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की परिचायक है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह कार्रवाई नये भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को रेखांकित करती है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अहमदाबाद में कहा कि देश की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई की बहुत जरूरत थी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना के पायलटों की सराहना की है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पार्टी वायुसेना की भूमिका के लिए उसे सलाम करती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने भी इस हमले का स्वागत किया है प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमला करने के भारतीय वायुसेना के अभियान के पराक्रम और शौर्य की प्रशंसा की है एक बयान में उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं हमारा गौरव और अभिमान है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है उन्होंने कहा कि नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम ही मोदी है श्री योगी ने कहा कि उन्होंने हमारे चालीस मारे हमने पाकिस्तान के चार सौ उग्रवादी मार गिराये उन्होंने कहा कि भारत माता के इन सपूतों को जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी उनके लिये आज कृतज्ञता का दिन है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि सेना की इस कार्रवाई से देश का मस्तक ऊँचा हुआ है वायुसेना के हमले की खबर फैलते ही प्रदेश में खुशी का माहौल बन गया और लोगों ने जगह जगह आतिशबाजी कर अपनी ख्शी व्यक्त की प्रधानमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया है कि देश सुरक्षित हाथों में है राजस्थान के चुरू में कल दोपहर बाद एक सभा में श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया को भारत में स्थिर सरकार की ताकत का अहसास हो रहा है आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को सर झुकाकर के नमन करें चुरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है देश से बढकर कुछ नहीं होता केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा देश नयी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा है कि वे अपनी शक्ति पहचानें और नये भारत का निर्माण करें नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय युवा संसद समारोह दो हजार उन्नीस के राष्ट्रीय स्तर के फाइनल कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ न कुछ खासियत न हो हमें उस खासियत को ढूंढना है उसको और तराशना है अपने आप में विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा संयुक्त रूप से हरदोई के गौरा टांडा में कल राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया दो सौ छह करोड़ रूपये की लागत वाले तीन सौ अड़तालीस विस्तरों के मेडिकल कॉलेज में बाईस सुपर स्पेशिलिटी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लोगों को मिलेगा इस अवसर पर तीन सौ बाईस करोड़ रूपये की एक सौ अटठाईस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया इस अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री आशुतोष टण्डन भी मौजूद रहे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में चालीस प्रतिशत आबादी को इसका लाभ मिलेगा इस समय तेरह करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं और सोलह सौ करोड़ रूपये लोगों के इलाज पर खर्च किये जा चुके हैं प्रदेश को पूरे देश में सबसे ज्यादा सौभाग्य योजना के कनेक्शन बांटे जाने के लिये पुरस्कार दिया गया है कल नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजित सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में कल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज्यादा पचहत्तर लाख इक्यासी हजार कनेक्शन बांटे और दो सालों में कुल अट्ठानवे लाख कनेक्शन सरकार की ओर से बांटे गये हैं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को आपसी सहमति से निपटाने का एक और प्रयास किया जाना चाहिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अव्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह इस मामले को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के जरिये निपटाने के बारे में आदेश अगले महीने की पांच तारीख को सुनायेगी पीठ ने कहा कि इस विवाद को आपसी सहमति से निपटाने की हरसंगव कोशिश की जानी चाहिए न्यायालय ने कहा कि वह मुख्य मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद करेगी वर्ष दो हजार दस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चौदह याघिकाएं दायर की गई हैं उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में विवादित पौने तीन एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड निरमोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार ने आधुनिक तकनीक के साथ पिछले तेईस महीनों में उच्च गुणवत्ता की सड़कों का निर्माण किया है और जल्द ही सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हए पहली बार मार्गो पर संकेतक लगाने के लिये लगभग एक सौ पच्चीस करोड़ रूपये दिये गये हैं कल लखनऊ में अपने विभाग की उपलक्षियों की चर्चा करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि राज्य में प्रमुख जिला मार्गो पर बने गढ़ढों को चौबीस से अड़तालीस घंटों के भीतर मरम्मत किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं और तकनीक के सहारे इस काम की लगातार मानीटरिंग की जायेगी उन्हॉने कहा कि गढ़ढों को भरने के बाद उसकी फोटो चाणक्य साफ्टवेयर पर अपलोड की जायेगी उन्हॉने बताया कि तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो की निगरानी अॅन लाइन की जा रही है उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से सरकार ने पिछले दो वर्षो में करोड़ों रूपये की बचत की है जिससे कार्बन उर्त्सजन में बारह लाख टन की कमी आयेगी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मौसम के खराब होने की संभावना है